यहां शहीदों को श्रद्दाजंलि दी गई उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को घर मेजा गया गौरतलब है कि कल सुकमा में नक्सलियों के हमले में नौ जवान शहीद हो गये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टवीट के जरिए इस घटना पर दुख जताते हुए दिवंगत जवानों के प्रति श्रद्दांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन शहीदों के परिवारों की जिम्मेवारी अब पूरे प्रदेश की है सरकार की तरफ से प्रदेश के शहीदों के परिवारजनों को एक एक करोड़ रूपये की सहायता राशि दी जायेगी

गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मण्डला जिले में नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिली है इसलिए वहां फोर्स भेजी गई है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए मध्यप्रदेश और छत्तसीगढ़ की सीमाओं को तत्काल सील किया जाना चाहिये साथ ही इनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी विस वॉक आउट राज्य विधानसभा में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और सत्ता पक्ष के जवाब से रूष्ट होकर वर्हिगमन कर दिया शून्यकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिलायें सुरक्षित नहीं हैं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देने से बच रही है वहीं गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है उन्होंने कहा कि घटनाओं का वैज्ञानिक सर्वे कराया जायेगा ताकि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके राज्यसमा राज्यसभा की पांच सीटों के लिए हो रहे निर्वाचन में सभी पांचों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र कल जांच के दौरान वैध पाये गये हैं भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत एवं धमेन्द्र प्रधान तथा वरिष्ठ नेता अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी के अलावा कांग्रेस प्रत्याशी राजमणी पटेल के नामांकन पत्र की समीक्षा भोपाल में रिटर्निंग अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह ने की

ट्वीटर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं से दृष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनायें लगातार जारी हैं और मुख्यमंत्री इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्होंने कहा कि दूष्कर्मी को फांसी की सजा देने वाले विघेयक के बाद भी सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है फाइलेरिया दिवस आज फाइलेरिया दिवस के मौके पर प्रदेशभर में पांच वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को एलबेंडाजोल की गोलियों का सेवन कराया जा रहा है यह दवा हाथी पांव रोग से बचाव के लिए दी जाती है भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी आर के बजाज ने बताया कि इस बीमारी के कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों में में सूजन आज जाती है और समय रहते इसका उपचार कर लिया जाये तो बीमारी से बचाव हो सकता है उन्होंने कहा कि अगले दो दिन कर्मचारी घर घर जाकर दवा खिलायेंगे

प्रदेश के अन्य जिलों में भी एल्बेंडाजोल की दवा खिलाये जाने के समाचार मिले हैं

कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री सुरेन्द्र पटवा करेंगे विशेष अतिथि के रूप में जाने माने अभिनेता और निर्देशक गोविन्द्र नामदेव शामिल होंगे

जिले के पुलिस मैदान पर आदिवासी युवाओं का दक्षता परीक्षण चल रहा है